सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

विधिक शिविर नाहन की बनकला पंचायत में कल विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रताप सिंह ठाकुर ने की इस मौके पर लोगों को कानून के विभिन्न पहलूओं के बारे में जानकारी दी गई प्रताप सिंह ठाक्र ने बताया कि ज़रूरतमंद लोगों महिलाओं बच्चों और आरक्षित वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है ठाक्र ने कहा कि मोटर द्र्घटना अधिनियम में संशोधन कर कानून सख्त बनाए गए हैं

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर वन विभाग की सम्पत्तियों को बेचने के प्रयास का आरोप लगाया है ऊना में कल एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल ट्ररिज्म के होटलों को कथित रूप से बेचने के लिए मूल्य तय किए गए हैं जो गम्भीर मामला है अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल तथ्यों के साथ प्रदेशहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाएगा महिला समानता दिवस आज राष्ट्रीय महिला समानता दिवस है

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार प्रदान कर प्रत्येक कार्य क्षेत्र में उसकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना है

आग कुल्लू जिला के तादला गांव में शनिवार देर रात बागीचे में बने एक मकान में आग लगने से उसमें रह रहे चौकीदार तेज बहादुर की मौत हो गई हमारे कुल्लू प्रतिनिधि ने बताया कि मकान मालिक की सूचना पर जब चौकीदार की तलाश की गई तो उसके शरीर के जले अंग घटना स्थल पर मिले पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है बैडमिंटन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता जीत कर इतिहास रचा है

बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं मौसम प्रदेश के कई स्थानों पर मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है राजधानी शिमला व इसके साथ लगते स्थानों पर सुबह के समय तेज बारिश हुई लगातार हो रही वर्षा से राज्य के कुछ इलाकों में सड़कें अभी भी अवरुद्ध है हालांकि प्रशासन द्वारा इन्हें खोलने के प्रयास लगातार जारी हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी के शब्द हैं अधिकारियों और कर्मचारियों को कानूनन प्रशिक्षण देने के आदेश हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी नीति को दोषपूर्ण करार दिया

दैनिक भास्कर की एक खबर है कम्पनियों को खूद ही ठिकाने लगाना होगा प्लास्टिक कचरा पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के निधन पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल सरकार ने दो दिन के राज्य शोक की घोषणा की अमर उजाला का शीर्षक है जेटली के निधन पर हिमाचल में भी दो दिन राजकीय शोक डेमोक्रेसी हिमाचल और हिन्द जनपथ के अनुसार राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में दी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि पेपरलेस विधानसभा में कागज पर लाखों खर्च शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है अधिकारियों को लिखित में जारी किये जा रहे आदेश

फार्मा कंपनियों से अनुचित लाभ लेने वाले असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है विजिलेंस के सामने पेश नहीं हुए निशांत सरीन धर्मशाला में होने वाले इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है इन्वेस्टर मीटर से पहले दो मिनी कनक्लेव इसी पत्र की एक अन्य खबर है बेशकीमती सम्पत्तियां बेचने नहीं देगी कांग्रेस